श्री मोदी ने सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके ग्रामीणों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया प्रधानमंत्री ने उनकी दक्षता और समर्पण की सराहना की और उन्हें याद दिलाया कि कालाजार जैसी बीमारियों के उन्मूलन में उनके द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स भी कर चुके है आशा कार्यकर्ताओं ने हाल ही में अपने पारिश्रमिक भत्ता बढ़ाने और बीमा योजना का लाभ दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जें पी नड्डा भी उपस्थित थे भाजपा प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक आज शिमला में सम्पन्न हुई पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यसमिति ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को सराहा उन्होंने कहा कि इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता भाजपा की उपलब्धियों से बौखलाहट में हैं और तथ्यहीन ब्यानबाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है और बेरोजगारी भ्रष्टाचार व गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाए शुरू की हैं रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है उन्होंने बताया कि दो दिवसीय बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्त्ताओं को जुटने का आहवान किया गया और एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया गोविंद ठाकुर प्रदेश में उपलब्ध जलमार्ग परिवहन क्षमता का पूरी तरह से दोहन किया जाएगा परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला जल परिवहन को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करना होगा उन्होंने कहा कि इससे जहां बांध से लगते क्षेत्र के लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी वहीं जल क्रीडाओं और परिवहन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा गोविंद ठाकुर ने कहा कि भाखड़ा बांध चमेरा और कोल बांध पर जल परिवहन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है

बढ़ी दरें अगले महीने से लागू होंगी

पांच वर्ष के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड योजना पर ब्याज की दर मौजूदा सात दशमलव छह प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दी गई है किसान विकास पत्र पर अब सालाना सात दशमलव सात प्रतिशत और सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज मिलेगा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार पर बैंकों में उपभोक्ताओं के साथ हो रही धोखाधड़ी पर अनदेखी का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक ब्यान में पार्टी प्रवक्ता संजय चौहान ने कहा कि बैंकों में न्यूनतम बैलेंस के चलते लोगों के पैसे काटे जा रहे हैं और एक साल तक बैंक खाते का इस्तेमाल न कर पाने वाले उपभोक्ताओं के खातों को बंद किया जा रहा है संजय चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनधन योजना के तहत लोगों के खाते खुलवा कर बैंकों से जोड़ा और अब खाते में न्यूनतम राशि न होने पर उनके पैसे काटे जा रहे हैं

सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि बिलासपुर जिले में हर तिमाही को पैंशन सहायता शिविर सहित स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाता है इधर राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने पैंशनरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कार्यक्रम अपने पैंशनरों को जाने शुरू किया है चम्बा चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के लूणा में कल शाम हुई बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या तीन हो गई है